आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है संशोधित आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पचासी की धारा एक सौ छबीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है श्री अरोड़ा ने नई दिल्ली में पारदर्शी चुनाव और धन बल का द्रूपयोग रोकने पर विचार विमर्श के लिए बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मतदाताओं को पैसों का लालच देने और धन बल के दुरूपयोग के मद्देनज़र निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने के लिए वचनबद्व है आयोग ने राज़नीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नज़र रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये हैं प्रदेश की अस्सी लोकसभा सीटों में से आठ सीटों पर मतदान के लिये चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी राज्य निर्वाचन आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने आज लखनऊ में बताया कि चुनाव के पहले चरण में आठ संसदीय सीटों के लिये कल दोपहर ग्यारह बजे अधिसूचना जारी की जायेगी उन्होंने बताया कि पहले चरण में मतदान के लिये पचीस मार्च तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे और उनकी जांच छब्बीस मार्च को होगी प्रत्याशी अट्ठाईस मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे प्रदेश में पहले चरण में मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा तेईस मई को मतों की गिनती की जायेगी पहले चरण में प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्वनगर लोकसभा सीटें शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपने समर्थकों से मैं भी चौकीदार की प्रतिज्ञा की अपील के बाद कई केन्द्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आज टवीटर पर यह संकल्प लिया श्री मोदी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ माइक्रो ब्लोगिंग साइट पर अपने नाम से पहले चौकीदार जोड़ा है श्री मोदी ने इस ट्वीट में साफतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पर निशाना साधा है जो प्रधानमंत्री का नाम लिये बिना उनकी आलोचना करते रहे हैं कॉग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिये सात लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नही खड़ा करने की घोषणा की है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सपा बसपा रालोद गठबंधन ने कॉंग्रेस का सम्मान करते हये अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपना उम्मीदवार नही खड़ा करने का फैसला किया था मित्रता की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुये कॉग्रेस ने गठबंधन के लिये प्रदेश की सात सीटों को छोड़ने का फैसला किया है उन्होंने बताया कि कॉग्रेस मैनप्री कन्नौज फिरोजाबाद सीट पर अपने प्रत्याशी नही खड़ा करेगी इसके अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती रालोद अध्यक्ष अजित सिंह और रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां भी कॉप्रेस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नही उतारा जायेगा प्रदेश के सभी कोषागार और सरकारी काम करने वाले बैंक इस माह की इकतीस तारीख़ को भी खुले रहेंगे वित्त विमाग ने इस बारे में जिलाधिकारियों और मुख्य कोषाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है सरकारी आदेश में कहा गया है कि इकतीस मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन और रविवार होने की वजह से कोषागारों के साथ साथ सभी बैंक शाखायें खोली जायेंगी भारत जैश ए मोहम्मद के सरग़ना मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी रखेगा इस मामले में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पन्द्रह में से चौदह सदस्यों का समर्थन हासिल है विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है